इस चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में उन्नीस मई को होगा मतदान

और प्रदेश में इस बार सामान्य रहेगा मॉनसून

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों झंझारपुर अररिया सुपौल मधेपुरा और खगड़िया में कल होने वाले मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये अठावन हजार सात सौ कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है मतदान कर्मियों को आज शाम तक अपने अपने पोलिंग ब्रथों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी तैनात किया गया है दियारा क्षेत्रों में नाव और घुड़सवार दस्ते की मदद से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर माईक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे श्री सिंह ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे से लेकर शाम छह बजे तक होगा सिर्फ खगड़िया के नक्सल प्रभावित सिमरी बख्तियारपुर अलौली और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे समाप्त हो जायेगी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्णियां और सहरसा में एक एक हेलीकाप्टर तैनात रहेगा और पटना में एक एयर एम्ब्रेलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक सौ बासठ मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रसारण किया जायेगा इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है मतदान प्रक्रिया खत्म होने तक दोनों ओर से आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा इस अवधि में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं दोनों ओर से चालू रखी जाएंगी झंझारपूर अररिया सूपौल मधेपूरा और खगड़िया में कल होने वाले मतदान में नवासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इसके लिये नौ हजार छिहत्तर मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में पांच महिला प्रत्याशियों समेत बयासी उम्मीदवार चूनावी मैदान में हैं चूनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें राजद के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव कांग्रेस की रंजीत रंजन जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और जदयू के दिनेश चंद्र यादव प्रमूख हैं इन दिग्गजों के अलावा विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जदयू के दिलेश्वर कामत लोजपा के महबूब अली कैसर भाजपा के प्रदीप सिंह राजद के सरफराज आलम जदयू के रामप्रीत मंडल और राजद के गुलाब यादव भी किस्मत आजमा रहे हैं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है चौथे चरण से लेकर अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पच्चीस अप्रैल को दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चौबीस अप्रैल को बेगूसराय मुंगेर और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दरभंगा मधुबनी और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डी राजा कल से छब्बीस अप्रैल तक बेगूसराय में पार्टी उम्मीदवार कन्हैया क्मार के पक्ष में च्नावी सभा करेंगे और जनसम्पर्क अभियान चलायेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उजियारपुर बेगूसराय और मुंगेर में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में मूंगेर रोसड़ा और समस्तीपूर में रोड शो करेंगे दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का आज बेगूसराय समस्तीपुर सीवान और गोपालगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है इधर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस बार संसदीय क्षेत्र की आवाज संसद में खामोश नहीं होगी अपने जनसम्पर्क अभियान के दौरान उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए अपने पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की वहीं महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक वोटों से अपनी जीत का दावा किया है लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी इस चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में उन्नीस मई को मतदान होना है नामांकन इस महीने की उनतीस तारीख तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी वहीं दो मई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए उम्मीदवार कल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं चौबीस अप्रैल को पर्चो की जांच की जायेगी वहीं छब्बीस अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं इस चरण में बाल्मीकीनगर पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में बारह मई को मतदान होगा छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक अभिनव प्रयोग किया है संगठन ने दरभंगा में आयोजित एक परिचर्चा में एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर और महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दिकी को आमंत्रित किया जहां दोनों नेताओं ने दरभंगा सहित मिथिलांचल के विकास के लिए अपनी भावी रणनीति से लोगों को अवगत कराया मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से पांच प्रतिशत अधिक बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि जून से सितम्बर की अवधि के दौरान मॉनसून अनुकूल रहेगा पूर्वानुमान में बताया गया है कि अल नीनो की स्थिति कमजोर रहने के कारण अच्छी बारिश होगी

केन्द्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है कारोबारी अब कल तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे पहले यह तारीख बीस अप्रैल निर्धारित थी पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु पर तीन टन से अधिक भार वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है पटना के यातायात पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सेतु पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में एक छात्रा पर पिछले दिनों हुये तेजाब हमले के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तब इस मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इधर पीड़िता का बनारस में इलाज चल रहा है जहां उसकी स्थिति गम्भीर बतायी जाती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने श्रीलंका में हुये बम धमाकों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है ईस्टर पर ईसाइयों का कत्लेआम तीन शहरों में आठ जगह धमाके दो सौ पन्द्रह लोग मारे गये दैनिक जागरण ने लिखा है चार मृतक भारतीयों में तीन की पहचान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमले की निंदा की सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली के बयान को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता देते हुये लिखा है संस्थाओं को अस्थिर करने वालों पर कार्रवाई जरूरी प्रभात खबर की सुर्खी है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमा मतदान कल

इस चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में उन्नीस मई को होगा मतदान

और प्रदेश में इस बार सामान्य रहेगा मॉनसून